आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा प्रधानमंत्री ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो के माध्यम से वे आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों के साथ साथ देशवासियों से भी संवाद किया करते थे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ सुंदर शौचालय नाम के स्वच्छ शौचालयों की अनुठी प्रतियोगिता का ज़िक्र करते हुए कहा कि लोग अपने शौचालयों की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और इसके चित्र हैशटैग माईइज्जतघर पर अपलोड कर रहे हैं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

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने समाज में फैले नशे अज्ञानता और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए बच्चों में आर्य समाज के संस्कार देने की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज हरियाणा के रोहतक में आर्य महासम्मेलन में बोल रहे थे राज्यपाल ने कहा कि वेद प्रचार और यूवा कार्यकर्ताओं को आर्य समाज से जोड़ने की दिशा में कार्य करना समय की मांग है ताकि वेदों और स्वामी दयानन्द सरस्वती की विचारधारा को आगे बढाया जा सके बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है नाहन में आज महिला सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं के आत्म सम्मान में वृद्धि के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान और समुचित अवसर प्रदान किए हैं बिंदल ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को अग्रिम पंक्ति में रखना चाहिए भारत पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने वाले भारत पर्व के चौथे संस्करण का दिल्ली के लालकिले पर आयोजन किया गया है पांच दिन का यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत किया जा रहा है इसका उद्देश्य देशभक्ति का जोश उत्पन्न करना और देश की समुद्व सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है

इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे इसे लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मौसम प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है इससे राज्य में शीतलहर बढ़ गई है किन्नौर और कुल्लू ज़िले के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है

छितकुल पंचायत के उपप्रधान अरविन्द नेगी के अनुसार भारी बर्फबारी के बाद क्षेत्र में लोगों को पशु चारे की कमी का सामना करना पड़ रहा है उधर लाहौल स्पीति ज़िले में कड़ाके की ठण्ड के चलते लोगों को भारी असुविधा हो रही है

इधर राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में आज दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे

इसमें पार्टी प्रदेश प्रभारी और समन्वय समिति की अध्यक्ष रजनी पाटिल विशेष रूप से मौजूद रहेंगी पार्टी महासचिव रजनीश किमटा के अनुसार बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए प्राप्त आवेदनों की छंटनी होगी और इन्हें अंतिम निर्णय के लिए हाईकमान को भेजा जाएगा